भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल में बेहतर कार्यो के लिए राज्य सरकार को सराहा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए जेपी नड्डा से मांगा सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन में मण्डी जिला देशभर में रहा अव्वल सड़क निर्माण में हिमाचल को दूसरा स्थान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

डिस्पैच केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन में नागरिक अस्पताल भवन के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और संसद में हाल ही में पारित तीन कृषि विधयकों से कृषि क्षेत्र में कांतकिारी बदलाव आयेंगे

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाईन केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है और इसके निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं

केन्द्रीय मंत्री ने लोगों से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को गम्भीरता से लेने का आहवान करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस अवसर पर मौजूद रहे रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

इनमें नूरपुर कांगड़ा देहरा पालमपुर सुंदरनगर और कुल्लू में संगठनात्मक जिला कार्यालय शामिल हैं नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया इस अवसर पर नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मानवता की सेवा व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और गति देने का आहवान किया

कार्यक्रम में वचुअल रूप से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल सांसद किशन कपूर रामस्वरूप शर्मा और इंदु गोस्वामी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सहयोग मांगा है उन्होंने आज नई दिल्ली में जेपी नड्डा से भेंट की और कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है

उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अलावा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा नड़डा ने इस दिशा में हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया अमित शाह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में अमित शाह की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की है

महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी जिले के सुंदरनगर में गौ सदन के अतिरिक्त भवन का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गौवंश को आशियाना देने के लिए प्रयासरत है और लोगों को इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के गौ सदनो की गोबर खाद शिवा परियोजना में बने कलस्टरों में उपयोग की जाएगी पुरस्कार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में मण्डी जिले को देशभर में अव्वल आंका गया है

इसके अलावा सड़क निर्माण में हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल हुआ है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज इस संबंध में सूची जारी की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई दी है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस उपलब्धि से विभाग को आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलेगा

अनिल शर्मा मण्डी के विधायक अनिल शर्मा ने राज्य सरकार पर मण्डी विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है मण्डी में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष से उनके क्षेत्र में विकास की गति थम गई है और इस दौरान कोई नया काम नहीं हुआ है